यह मंत्री समूह संकमण को रोकने के संभावित कदमों पर विचार कर आज अपने सुझाव देगा इसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जलदाय मंत्री बी डी कल्ला चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में कोरोना संकमण की चिंताजनक स्थिति पर गहन मंथन किया गया बैठक में कहा गया कि कोरोना की द्रसरी लहर से गांवों में और युवाओं में संकमण का खतरा बढ़ रहा है उपचार के लिए शहर आते आते रोगियों की स्थिति गंभीर हो रही हैं बैठक में आम राय व्यक्त की गई कि संकमण पर अंक्श लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित किया जाये बहुत अधिक आवश्यक होने पर केवल कोर्ट मैरिज ही की जाये बैठक में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे की पालना ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की खरीद ऑक्सीजन और रेमडेसिविर तथा टोसिलीजुमैब दवाओं की आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आईएएस एसोसिएशन की ओर से मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने और आरएएस एसोसिएशन की ओर से अध्युक्ष शाहीन अली खान ने यह अंशदान देने के निर्णय से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हए कहा कि संकट के इस समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करना सर्वोपरी है इस दिशा में हर वर्ग का सहयोग राज्य सरकार के कोविड प्रबंधन के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगा इधर राज्य में विभिन्न सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आ रहे है

वहीं जालोर में समाजसेवी बाबूलाल भंसाली की ओर से जिले में तीन ऑक्सीजन प्लांट लगवाये जायेंगे

इधर आमजन भी अब इस महामारी को रोकने के लिए आगे आ रहे है ब्रंदी में प्रशासन की अपील पर प्रस्तावित शादी समारोह को स्थगित किया जा रहा है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश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

टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है

राज्य में कल नये कोरोना संकमितों के मुकाबले में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही हैं

इधर विधायक नंद किशोर मेहरिया ने कोविड से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान कर और मरीजों की जान बचाने की अपील की है

मंत्रालय ने कहा कि भारत को प्राप्त इन सामग्रियों के आंवटन की समुचित व्यवस्था की गई है